केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कल नई दिल्ली में मंत्रीमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों को ये जानकारी दी

श्री गहलोत ने कल जयपुर में कानून और व्यवस्था की समीक्षा करते हुए विशेष तौर पर जिलों में कलक्टर और एसपी को संवेदनशील इलाकों पर नजर बनाए रखने को कहा उन्होंने सोशल मीडिया पर मनगढंत और भ्रामक सूचनाओं पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए

वे वहां विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार श्री गहलोत आज जोधपुर के चौपासनी में राजस्थान राज्य स्काउट एण्ड गाइड रैली का शुभारम्भ करेंगे और नवनिर्मित हॉल का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री शाम को मारवाड़ क्लब उम्मेद हैरिटेज में बायोडीजल के मोबाइल रिटेल आउटलेट्स का शुभारम्भ भी करेंगे मुख्यमंत्री कल भोपालगढ़ तहसील के बेड़ो की ढाणियां में स्वर्गीय लक्ष्मणराम बेड़ा की प्रतिमा का अनावरण करेंगे वे दोपहर में अलवर के अंगारी में सर्वजातीय विवाह सम्मेलन में भी सम्मिलित होंगे

भारतीय चिकित्सा परिषद के संचालक मंडल ने निजी चिकित्सा संस्थानों में फीस निर्धारण के लिए दिशा निर्देश तैयार करने को कहा है

ये राशि परिवादी के पिता की खाते की भूमि पर हुए कब्जे को हटाने की एवज में मांगी गई थी

प्रत्येक ई मित्र पर दो हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है